प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट की घोषणा कर दी है केन्द्रीय कैबिनेट ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से ट्रस्ट बनाये जाने को मंजूरी प्रदान की प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा कि यह ट्रस्ट ही अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित सभी फैसले लेगा इस ट्रस्ट में पन्द्रह ट्रस्टी होंगे इनमें एक दलित समुदाय से होगा ट्रस्ट के स्थायी नौ सदस्यों में के पराशरण बद्रीनाथ स्थित ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जगतगुरू स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज के साथ बिहार के कामेश्वर चौपाल को भी शामिल किया गया हैं श्री कामेश्वर सुपौल जिले के रहने वाले हैं और दलित समुदाय से आते हैं उन्होंने वर्ष उन्नीस सौ नवासी में राम मंदिर के निर्माण के लिए किये गये शिलान्यास की पहली ईंट रखी थी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्भया मामले के एक और दोषी अक्षय की दया याचिका खारिज कर दी है अक्षय निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में चार दोषियों में से एक है इसके साथ ही राष्ट्रपति कार्यालय में अब इन चारों में से किसी की भी दया याचिका लम्बित नहीं है गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि अक्षय ने कुछ दिन पहले दया याचिका दी थी राष्ट्रपति श्री कोविंद इससे पहले दो अन्य अभियुक्तों विनय शर्मा और मुकेश सिंह की दया याचिकाएं भी खारिज कर चुके हैं इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने चारों दोषियों को निर्देश दिया है कि वे एक सप्ताह के भीतर अपने सभी कानूनी विकल्प आजमा ले इसके बाद डेथ वारंट की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी कोराना वायरस के संक्रमण का बिहार में प्रवेश रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने चीन समेत सभी प्रभावित अठारह देशों से बिहार आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य की जांच कराने का निर्णय लिया है कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर प्रदेश में एक सौ सोलह स्वास्थ्य जांच शिविर लगाये गये हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को कोरोना वायरस को देखते हुये अलर्ट किया है कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए पटना के एनएमसीएच को नोडल सेंटर बनाया गया है राज्य सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों से दो हजार चौदह के अधार पर रोस्टर तैयार कर शिक्षकों के रिक्त स्थानों की सूची हर हाल में पच्चीस फरवरी तक मांगी है विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति मामले पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन और राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया है राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने कानूनगो की बहाली के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है इस परीक्षा में कुल पांच सौ चौतीस अभ्यर्थी सफल हुये हैं इन सभी की बहाली संविदा के आधार पर की जायेगी पटना के सभी व्यावहार न्यायालयों में आठ फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इसमें ऋण भूगतान करने वालों को विशेष छूट दी जायेगी जो लोग बैंक ऋण का भूगतान समय से नहीं कर सके हैं और जिनके खाते एनपीए हो गये हैं ऐसे लोग लोक अदालत में आकर विवाद का निपटारा करा सकते हैं रेल बजट में पूर्व मध्य रेलवे को चार हजार छह सौ चौदह करोड़ रूपये आवंटित किये गये है ट्रैक के नवीकरण पर पांच सौ अस्सी करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे पूर्व मध्य रेल के विकास विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए बजट दो हजार बीस इक्कीस में यह आवंटन किया गया है इस राशि से नई रेल लाईन निर्माण अमान परिवर्तन विद्युतीकरण सहित सभी परियोजनाओं और यात्री सुविधाओं में तेजी लायी जायेगी पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसम्पर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि नई रेल लाईन निर्माण के लिए बिहारशरीफ बरबीघा हाजीपुर सुगौली और नेउरा दनियावा में योजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया जायेगा आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि परियोजना के अन्तर्गत मोकामा के पास राजेन्द्र पुल के समानांतर एक नया अतिरिक्त पुल कटरिया कुरसेला कोसी नदी पर पुल सहित आंशिक दोहरीकरण का कार्य होगा पटना हवाई अड़डा प्राधिकरण ने मौसम साफ होने के बाद विमानों के परिचालन के लिए नई समय सारणी जारी कर दिया है वहीं पटना से चंडीगढ़ और बागडोगरा के लिये पांच मार्च से सीधी उड़ान सेवा शुरू किये जाने की घोषणा की गयी है उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी और तेज पछुआ हवा के कारण पूरे प्रदेश का अधिकतम और न्यूनतम तापमान अब भी सामान्य से नीचे बना हुआ है पटना और प्रर्णियां का न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण निम्न हवा के दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जिसके कारण अगले अड़तालीस घंटों के दौरान राज्य के मैदानी इलाकों में गरज के साथ हल्की बारिश की सम्भावना है नगर निकायों के दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मियों की हड़ताल से राजधानी पटना में विभिन्न स्थानों पर गंदगी का ढेर लग गया है कूड़ा उठाव नहीं होने से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने आपात बैठक की पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने नगर आयुक्त के साथ बैठक कर नगर निगम के हर अंचल में दो दो टीम गठन का निर्देश जारी किया है सभी टीमों के साथ पुलिस टीम तैनात रखी जायेगी इधर नगर निगम प्रशासन ने काम में बाधा डालने वाले छह हड़ताली कर्मचारियों पर प्राथमिकी दर्ज करायी है वहीं नगर निगम बोर्ड की बैठक में मेयर डिप्टी मेयर और सभी पचहत्तर पार्षदों ने कर्मचारियों के समर्थन में उतरने का फैसला लिया है पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू ने बताया कि कर्मचारियों के हक के लिए निगम हाईकोर्ट जाएगा पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र अन्तर्गत बड़ी पटनदेवी मोहल्ले में देर रात बारात के दौरान चली गोली से छत पर खड़ी एक महिला की मौत हो गयी पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र स्थित एक सिनेमा हॉल के पास अपराधियों ने पेट्रोल पम्प मालिक से आठ आख पचहत्तर हजार रूपये लूट लिये बिहार झारखंड का ईनामी नक्सली विनोद को पुलिस ने जहानाबाद से गिरफ्तार कर लिया रेलवे पुलिस ने ट्रेनों में चोरी करने वाले गिरोह के मुख्य सरगना प्रदीप मंडल सहित बारह लोगों को रांची से गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधी सरगना मुंगेर जिले का रहने वाला है पश्चिम चम्पारण जिले के नरगटियागंज के प्रखंड विकास पदाधिकारी को दस लाख रूपये के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना के अन्तर्गत सासाराम में नगर परिषद नगर पंचायत और प्रखंड स्तर पर आवेदकों के निबंधन के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है पटना के मोईनुलहक स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप मैच के द्रसरे दिन बिहार ने अरूणाचल प्रदेश के तीन सौ इक्यावन रन के जवाब में नौ विकेट पर दो सौ इक्कीस रन बना लिये हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाये जाने से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है पीएम नरेन्द्र मोदी ने कैबिनेट फैसले की संसद में दी जानकारी राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बना अखबार का एक अन्य शीर्षक है भागलपुर ट्रिपल आईटी को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दैनिक जागरण की सुर्खी है भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए बना ट्रस्ट दैनिक भास्कर ने श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़ की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये शीर्षक दिया है बिहार के लाल ने श्रीनगर में तीन आतंकियों को मार गिराया फिर खुद शहीद अखबार का एक अन्य प्रमुख शीर्षक है अशोक राजपथ पर अंडरग्राउंड मेट्रो लाईन बनेगी पांच सौ करोड़ रूपये बढ़ जायेगी लागत प्रभात खबर ने लिखा है अमेजन ने भागलपुर की बेटी को दिया एक करोड़ दस लाख रूपये का पैकेज अखबार आज ने शीर्षक लगाया है कोरोना को लेकर पटना एयरपोर्ट पर बढ़ी चौकसी